ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को याद दिलाया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ राष्ट्र के सामूहिक संकल्प के लिए आज रात नौ बजे उन्हें दीये जलाने हैं श्री मोदी ने श्क्रवार को लोगों से ऐसी ही अपील की थी इसका उद्देश्य कोरोना वायरस को हराने के लिए राष्ट्र की सामूहिक शक्ति प्रदर्शित करना है प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि दीया जलाते समय एक द्रसरे से पर्याप्त द्री बनाए रखें घर के भीतर रहें और समूह में एकत्र न हों

उन्होंने यह भी कहा कि जनता कर्फ्यू और घंटी बजाने से इस च्नौतिपूर्ण समय में देशवासियों को अपनी एकता का आभास हुआ है नागरिकों को सलाह दी गई है कि आज रात दीया और मोमबत्ती जलाते समय अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग न करें क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है

नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे दवारा जिले के सभी नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे तय समय पर दीपक और मोमबत्ती जलाकर एकता का संदेश दें शिवप्री जिले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही सभी लोग दीप जलाकर कोरोना पर विजय का संकल्प लेंगे

खंडवा सांसद नंदक्मार सिंह चौहान और रायसेन जिले के भोजप्र से भाजपा विधायक स्रेंद्र पटवा ने भी लोगों से इस अभियान नें शामिल होने का आहव्हान किया

वो वहां एक होटल में काम करता था उसके दो साथी भी इन्दौर में कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं बड़वानी में भी कल रात तीन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली थी जो एक ही परिवार के हैं कोरोना प्रभावित सेंधवा के रहने वाले हैं तथा तीनों पीड़ित बड़वानी के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है

हालाकि इनमें से दो मरीज ठीक भी हुए हैं

इस दौरान सिर्फ दवा दुकानें खोले जाने की अनुमति होगी बाकी सभी द्वकानें पूरी तरह बंद रहेगी उधर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने प्लिस को निर्देश दिए हैं कि शहर में अनाधिकृत रूप से कहीं पर भी किराना की दकान खोले जाने पर त्वरित कार्यवाही की जाए वहीं आगरमालवा और शिवप्री में टोटल लॉगडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है हालांकि यहां जरूरतमंदों को भोजन और जरूरी सामान बांटा जा रहा है अशोकनगर में पूर्ण लॉक डाउन के उल्लंघन करने पर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है सीधी में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है बैत्ल में लॉकडाउन के दौरान पुलिस अब ड्रोन से निगरानी करेगी साथ ही सडक़ पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी छिंदवाड़ा जिले में कोयला खदानों को प्री तरह से बंद कर दिया गया है डिंडोरी में कल स्बह तक प्री तरह लॉक डाउन घोषित किया गया है सागर में आज केंद्रीय राज्य मन्त्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कोरोना आपदा का द्रसरे फेस में हालात कठिन हैं हमे सभी को मिलकर इससे निपटना होगा खंडवा जिले के किसानों से लॉकडाउन के दौरान सावधानी रखकर कार्य करने की अपील की गई है श्योप्र में कलेक्टर ने हार्वेस्टर मालिकों से कहा है कि वे कोरोना काल का फायदा उठाकर किसानों से ज्यादा दाम ना वसुलें कोरोना अच्छी खबर कोरोना की डर और दहशत के बीच जबलप्र से अच्छी खबर है जहां शहर नहीं नहीं प्रदेश के पहले तीन कोरोना प्रभावित मरीज ठीक होकर आज घर पहंच गए व्यवसायी मुकेश अग्रवाल और उनकी पत्नी ने अस्पताल से रवाना होने से पहले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को दिल से धन्यवाद दिया

अब प्रोटोकाल के तहत आज इनका सैंपल फिर से परीक्षण के लिए भेजा गया है ये सैंपल भी निगेटिव प्राप्त होने पर इन सभी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इससे पहले भोपाल के भी दो मरीज स्वस्थ होकर घर पहंच च्के हैं

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा से भी महामारी के बारे में संवाद किया प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की म्ख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीज् जनता दल अध्यक्ष नवीन पटनायक से बातचीत की इसके अलावा श्री मोदी ने तेलंगाना के म्ख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव डीएमके नेता एमके स्टालिन तथा अकाली दल प्रम्ख प्रकाश सिंह बादल के साथ भी संवाद किया

एम्स के निदेशक सरमन सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि भोपाल के सभी मरीजों की हालत अच्छी है तथा भोपाल में कम्य्निटी स्प्रेड जैसी कोई स्थिति नहीं है एम्स के निदेशक ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना के इलाज की दृष्टि से भोपाल के अस्पतालों चिराय् एवं हमीदिया को तथा जेके एम्स एवं जेपी अस्पतालों को क्षेत्रवार पूल किया जा रहा है जिससे आवश्यकता पड़ने पर एक क्षेत्र के मरीजों को वहीं चिकित्सा स्विधा प्राप्त हो सके ऐसे प्रबंध किए जा रहे हैं जिससे आवश्यकता होने पर जिस अस्पताल में इलाज हो रहा हो वहीं मरीज के लिए आईसीय की व्यवस्था हो सके सैनेटाइजर जगाड हमारे देश में कुछ कर दिखाने के जज्वे और ज्गाड़ से असंभव को भी संभव किया जाता रहा है मंदसौर के नारू भाई ने भी क्छ ऐसा ही किया है

जिसे उन्होंने जिला चिकित्सालय को भेंट किया है